गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पचहत्तर जिलों के लामार्थियों के साथ संवाद स्थापित किया इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत अब तक चालीस लाख से अधिक लाभार्थियों को मकान उपलब्ध कराया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक सभी को आवास देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए कृतसंकल्प है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांच जिलों वाराणसी मथ्रा गाजियाबाद अयोध्या और सहारनपुर के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की इससे पहले मुख्यमंत्री आज चौरी चौरा शहीद स्थल भी गए जहां उन्होंने चौरा चौरा शताब्दी समारोह के सम्बंध में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया प्रदेश सरकार ने वर्ष उन्नीस सौ बाईस में घटित चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर को भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है आगामी चार फरवरी से चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरूआत होगी इसके अंतर्गत प्रदेश भर में अगले एक वर्ष तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा गौरतलब है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से पिछले सप्ताह लखनऊ में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का लोगो जारी किया था केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षकर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहत जरूरी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की एक सौ अड़तालिसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ हर्षक्वन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई जबरदस्त प्रगति को बड़ा उत्साहजनक बताया

केन्द्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में चौरासी लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ इस दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक लाख दस हजार करोड़ रुपये से अधिक की खरीद हुई कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार अपनी मौजूदा योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रखे हुए है उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सहित बीस राज्यों से करीब पांच सौ सत्तासी लाख टन धान की खरीद हुई है यह पिछले साल चार सौ अट्ठासी लाख टन की खरीद के मुकाबले बीस दशमलव दो आठ प्रतिशत अधिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और कल अट्ठाईस जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एस एम एस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उन्तीस जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए तीस जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है संसद का बजट सत्र उन्तीस जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है बजट सत्र का पहला भाग पन्द्रह फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा भाग आठ मार्च से आठ अप्रैल तक चलेगा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गो से जोड़ने के लिए आज कौशाम्बी जिले में मंझनप्र के डायट मैदान से एक सौ एक मार्गो का शिलान्यास और लोकार्पण किया सभी मार्गो का निर्माण छ सौ पच्चीस करोड़ इकतीस लाख रूपये की लागत से कराया जाएगा श्री मौर्य ने सिराथू विधानसभा में तीन चायल विधानसभा में तेरह मंझनपुर विधानसभा में दस मार्गो सहित जिले के कई मार्गो का शिलान्यास किया